उन्होंने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में विभिन्न मुददों पर लोगों से अपने विचार सांझा किए उन्होंने आयुर्वेदिक दवाओं जड़ी ब्रूटियों से निर्मित औषधि और गर्म पानी के सेवन से स्वयं को स्वस्थ रखने का सुझाव दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन खोला जा रहा है लेकिन हमें अभी सतर्क रहना होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मित्रता की भावना का सम्मान करता है और अपने शत्र्ओं को उचित जवाब देने में भी सक्षम है उनका कहना था कि हमारे वीर सैनिकों ने साबित कर दिया है कि वे अपनी मात्मूमि के गौरव और मान सम्मान पर किसी को बुरी नजर नहीं डालने देंगे नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है इन सैनिकों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय उन्हें खोने का दर्द का अनुभव कर रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए जिस संकल्प के साथ हमारे जवानों ने बलिदान दिया है वही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए प्रधानमंत्री ने लोगों का आह्वान किया कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हम सब का संकल्प समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है सेब सीजन मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने अधिकारियों को आगामी सेब सीजन के लिए व्यापक प्रबंध करने की निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि सेब उत्पाद के परिवहन के लिए व्यापक व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि कोरोना महामारी के दौरान बागवानों को अपने उत्पाद मंडियों तक ले जाने में असुविधा न हो उन्होंने कहा कि नई दिल्ली की आजादपुर मंडी और हरियाणा के सोनीपत की गनौर मंडी में सेब उत्पादकों के लिए विपणन सुविधा की व्यवस्था की गई है मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को सेब उत्पादक क्षेत्रों में सड़कों व सम्पर्क मार्गों का उचित रखरखाव करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि श्रमिकों की कमी के कारण बागवानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए और इन दिशा में प्रभावी कदम उठाने जाने की जुरूरत है जयराम ठाकुर ने ये भी कहा कि नेपाली श्रमिकों पर निर्भरता से बचना चाहिए और मज़दूरों की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने कोरोना संकट में जीएसटी करदाताओं को बड़ी राहत दी है उन्होंने बताया कि जुलाई के पहले सप्ताह से केन्द्र सरकार देश के लाखों करदाताओं के लिए जीएसटीआर वन फॉर्म में निल जीएसटी को एसएमएस के माध्यम से दाखिल करने की सुविधा शुरू कर रही है अनुराग ठाक्र ने कहा कि एसएमएस के माध्यम से करदाताओं को अपना विवरण देने में सुविधा होगी

कोरोना हिमाचल प्रदेश में कोरोना पॉज़िटिव लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है

ये सभी लोग राज्य के बाहर से लौटे हैं और क्वारंटीन केन्द्रों में रह रहे थे

लाहौल स्पीति ज़िला प्रदेश का एक मात्र ऐसा ज़िला है जहां अभी तक कोरोना का एक भी मामला नहीं आया है विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने राज्य सरकार से विकास की गति तेज करने की मांग की है

विक्रमादित्य सिंह ने सरकार से मांग की है कि शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में विधायक निधि से जो पैसा जिस कार्य के लिए मंजूर हुआ है अधिकारियों को वो पैसा उसी कार्य पर खर्च करने के निर्देश दिए जाएं उन्होंने कहा कि सरकार का विरोध करने वालों पर झूठे व देशद्रोह के मामले बनाए जा रहे हैं